सूरजक्ंड क्राफ्ट मेले में महाराष्ट्र के कारीगरों और कलाकारों की कलाकृतियां लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है हरियाणा में ठंड का प्रको जारी है कल से बारिश के आसार बन सकते है

केन्द्रीय विंतमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अ ने बजट भाषण में इस एम्स की स्था ना की घोषणा की थी म्ख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिज विज के प्रयासों के कारण हरियाणा को ये चिकित्सा संस्थान मिला है जो राज्य सरकार के लिये एक बड़ी उ लब्धि है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में एम्स की स्था ना से हरियाणा के य्वाओं को स्नातक और स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिलेंगे और एकही जगह र उच्चतम शैक्षिक स्विधायें मिलेगी व डाक्टरों की मौजूदा कमी को दूर किया जा सकेगा भारत सरकार की एक अन्य महत्व र्ण रियोजना झज्जर जिले के बाढ़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्था ना है जो उत्तर भारत का हला ऐसा संस्थान होगा जिसमें कैंसर के ईलाज के लिये प्रोट्रोन की सुविधा होगी तथा इस रियोजना के मार्च तक ूरी तरह से कार्यात्मक होने की संभावना है

हरियाणा विधानसभा में इसी माह प्रस्त्त होने वाला प्रदेश सरकार का बजट केन्द्र सरकार की तर्ज र सभी वर्गो के लिये हितकारी होगा ानी त जिला के समालखां के गांव जौरासी में म्ख्यमंत्री ने ये बताते हये कहा कि समालखां शहर की नगर ालिका को बढ़ाया जायेगा और खेतों के बीच तीन व ांच करम के रास्ते क्के किये जायेंगे

म्ख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल कार्ड बनवाने के लिये ऑन लाइन आवेदन श्रू किये गये है जो इस महीने तक चलेंगे

इसके अलावा जी टी रोड र चार एकड़ में लाईट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जायेगी

हिसार में किसानों को सम्बोधित करते हये श्री धनखड़ ने कहा कि बजट हमेशा अप्रेल से लागू होता है लेकिन सरकार ने किसान सम्मान निधि बीते दिसम्बर से लागू की है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट में किसानों के लिये ही नहीं बल्कि श्रमिक मजद्र वेतनभोगी और व्या ारी हर वर्ग के लिये महत्व ुर्ण घोषणायें की गई है कृषि मंत्री धनखड़ ने कहा कि श् ालकों मत्स्य ालन करने वालो को भी कृषि क्रेडिट कार्ड व ब्याज में छूट जैसी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा

प्रे देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लोगों को स्वस्थ रखने के लिये खोले गये आठ हजार हेल्थ व वेलनेस केन्द्रों ने व निरोगी काम करना श्रू कर दिया है

श्री चौबे ने कहा कि सरकार इन स्वास्थ्य व निरोगी केन्द्रों के जरिये विस्तृत रू से मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल दिये जाने की दिशामें तेज़ी से बढ़ रही है

उन्होंने दस लाख रू ये और देने की घोषणा भी की

दो दिन हले सूरजक्ंड में श्रू ह्ये अंतर्राष्ट्रीय शिल् मेले में महाराष्ट्र के कलाकार बह्त उत्साह के साथ भाग ले रहे है यहां के कई प्रसिद्व कलाकार और कारीगर अ नी कृतियां का प्रदर्शन करने सूरजक्ंड मेले मे आये हये है

इसके एक कलाकार ने बताया कि वारली ऐटिंग महाराष्ट्र की कला को दर्शाती है और ये रम् रागत रू से विवाह दी ावली आदि के दौरान घरों को सजाने के लिये उ योग की जाती है

हरियाणामें न्यूनतम ता मान सामान्य रहा

भिवानी से कृषि वैज्ञानिक डा वेदप्रकाश लूहाच ने कहा है कि कल से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है जो आठ फरवरी तक चल सकती है उन्होंने ओलावृष्ठि भी होने की संभावना जताई है जिससे ठंड बढ़ेगी

ांचकूला के सेक्टर दो के राम मंदिर में आज श्रीराम चैरिटेबल सोसायटी के द्वारा आंखों की तकलीफ के उ चार आध्निक मशीनों से स्सज्जित एक के लिये एक क्लीनिक व सिलाई कढ़ाई सीखाने के लिये एक केन्द्र का श्भारंभ किया गया सोसायटी के प्रवकता वन मितल ने बताया कि माहिर डाक्टर्स की निगरानी में आंखें की बीमारियों की जांच मुफ्त में प्रतिदिन की जोयगी तथा लायंस कल्ब संट्रेल ंचकृला यहां मुफ्त दवाईयां प्रदान करेगा